श्री मोदी अजमेर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे

प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां की है प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिये मुख्यमंत्री वसंधरा राजे कल कायड़ विश्राम स्थली पहची और उन्होंने सभा स्थल का मुआयना किया पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए प्रदेशभर से भारी संख्या में कार्यकर्ता अजमेर पहुंच रहे है श्री सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री राजस्थान गौरव यात्रा के समापन और विधानसभा चुनाव के लिये विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री आज शाम प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्यों सांसदों विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक भी लेंगे

बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति ने रेपो दर साढे छह प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर छह दशमलव दो पांच प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया

श्री राठौड़ ने सांसद आपके द्वार कार्यकम के तहत कल जयपुर ग्रामीण के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा इन दोनों रेलगाडियों का ठहराव जल्दी ही किया जायेगा श्री राठौड ने श्रीरामपुरा से मंडपी तक बनने वाली सड़क का लोकार्पण और हबसपुरा में विधायक कोष और सांसद कोष से निर्मित कक्षा कक्षों के लोकार्पण सहित विभिन्न गांवों में लोकार्पण और शिलान्यास किये इससे पहले कर्नल राठौड ने जयपुर जिले के पांच्यावाला में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में टाइल्स आधारित शिक्षा पद्धति का उद्घाटन किया

इसमें दिल्ली के कलाकार लोकेश आनन्द एण्ड पार्टी का शहनाई वादन और बैंगलुरू की कलाकार पूर्णिमा आरकुलकर्णी का शास्त्रीय गायन होगा